पर्यावरण संरक्षण की अपील में प्रधानमंत्री ने दिया राजस्थान के विश्नोई समाज का उदाहरण प्रदेश में शत प्रतिशत मतदान के लिये चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही है विभिन्न गतिविधियां जयपुर में हुई मैराथन दौड़

श्री मोदी ने हाल ही में सम्पन्न हुए पैरा एशियाई खेलों और ग्रीष्मकालीन युवा ओलम्पिक खेलों में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भी जिक्र किया श्री मोदी ने कहा कि पैरा टीम की दृढ इच्छा शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का उनका जज्बा सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा खिलाडियों की लगन और समर्पण न्यू इंडिया की पहचान है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समूचा विश्व और विशेष रूप से पश्चिमी देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगे हैं श्री मोदी ने राजस्थान के विश्नोई समाज का उदाहरण देते हुये पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी विश्व शांति की चर्चा होगी भारत का नाम और योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिखेगा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

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट भी किया जायेगा

जयपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज जेएलएन मार्ग पर लेट्स वोट जयपूर मैराथन का आयोजन किया गया दौड को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया दो श्रेणियोँ में आयोजित इस दौड़ में तीन हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

जयपुर जिले में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण कल से शुरू होगा ये तीन नवम्बर तक चलेगा उधर बाडमेर में मतदाताओं को जागरूक करने के उददेश्य से जिला प्रशासन ने परम्परागत लोक कला फड का सहारा लिया है

सिरोही जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया गया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी ट्रांसजेन्डर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है टोंक में जिला मुख्यालय पर भयमुक्त मतदान के लिये सीआईएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज झालावाड़ में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया ने आज झन्झनू में कहा कि पार्टी दीवाली के बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी

इसके लिये कठपुतली नुक्कड नाटकों और अन्य कार्यक्रमों में लोककलाओं के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि देश में किसानों की स्थिति खराब है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही किसानों के हितों की अनदेखी की है

उन्होंने आज जयपुर में रोड़ शो के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया श्री बेनीवाल कल जयपूर में हंकार रैली में नई पार्टी की घोषणा करेंगे आज जयपूर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नयी पार्टी में समान विचारधारा वाले नेताओँ को सम्मान दिया जाएगा

स्वर्गीय खुराना के परिजनों को भेजे शोक संदेश में श्री सिंह ने कहा कि श्री खुराना कुशल जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने विकास कार्यो को नई गति दी

राज्यपाल कल्याण सिंह ने जवान राजेन्द्र प्रसाद की शहादत को सलाम करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना जताई है

ये पंजीयन नजदीकी ई मित्र या खरीद केन्द्र पर करवाया जा सकता है जो किसान गिरदावरी के अभाव में पंजीकरण नहीं करवा पाये थे वे अब अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये पंजीयन करा सकेंगे

इसमें मरीजों को परामर्श के साथ दवाईयाँ मुफ्त दी जायेगी

अखिल भारतीय दृष्टिबाधित संगीत प्रतियोगिता आज जयपुर में संपन्न हुई